हालांकि कुछ स्थानों पर उपद्रव के समाचार भी है मतदान सुबह आठ बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरु हुआ जो शाम पांच बजे तक चला

ये मंत्री अनेक विकास परियोजनाओं का उदघाटन करेंगे और आम लोगों से बातचीत करेंगे गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेश बनाने के बाद यह विशेष अभियान चलाया गया है

वे कल जोधप्र को डॉ एस एन मेडिकल कॉलेज और इससे जुडे अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का जायजा ले रहे थे उन्होंने कहा कि अस्पताल के नये भवन में आवश्यक सुविधाओं जरूरी उपकरणों और स्टाफ की उपलब्यता को लेकर किसी तरह की कमी नहीं आने दी जायेगी

श्री कल्ला ने कल जनघोषणा पत्र के कियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए गठित मंत्रीमंडलीय उप समिति की जयपुर में हुई बैठक में ये जानकारी दी

उन्होंने विभागों के अधिकारियों से चर्चा करते हुए प्रगति का फीडबैक भी लिया और आवश्यक निर्देश जारी किये

इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए है पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड कोलकाता में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पाजंलि अर्पित करेंगे उप राष्ट्रपति एम वैंकया नायडु सहित अनेक लोगों ने उनकी जयंती पर श्रृद्धाजंलि दी है

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

इसके लिए पुलिस ने यातायात के व्यापक प्रबंध किये है

इसमें पांच भाषाओं में विभिन्न कवि कविता पाठ करेंगे

सीबीएसई की ओर से स्कूलों को भेजे गये पत्र में यह जानकारी दी गई है